वनवास के दौरान चौदह वर्ष विषम परिस्थितियों में रहे भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की परम्परा है अयोध्या सहित अन्य कई स्थानों पर मंदिरों में आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है मथुरा और वृदावन में बड़ी संख्या में विदेशी और स्थानीय श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से बड़ी संख्या में विदेशियों और स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से आए श्रद्वालु मथुरा वृंदावन और गोवर्धन इलाके में मौजूद भगवान कृष्ण के विभिन्न मंदिरों में प्रभू की आराधना कर रहे हैं कोविड महामारी के चलते ऐतिहासिक गोवर्धन परिक्रमा की अनुमति इस बार नहीं दी गई है प्रमुख कार्यक्रम आज केशव देव गोरिया मठ में आयोजित किया जाएगा

इस अवसर पर गोवश की पूजा करने की भी परंपरा है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रेच्यूटी मातृत्व लाभ सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों असंगठित क्षेत्र के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बारे में सहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है मंत्रालय ने हित धारकों से इस बारे में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं देश में कोविड नाइंटीन से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर तिरानबे दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में बयालिस हजार से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या बयासी लाख से अधिक हो गई है देश में नये मामलों की संख्या कूल मामलों का केवल पांच दशमलव चार चार प्रतिशत है इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या चार लाख उन्यासी हजार है पिछले चौबीस घंटों के दौरान मिले इकतालीस हजार से अधिक नये मामलों को मिलाकर कुल मामलों की संख्या अट्ठासी लाख को पार कर चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के सफल क्रियान्वयन से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव चार सात है जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है पिछले चौबीस घंटों में चार सौ सैंतालीस नई मौतों को मिलाकर अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या एक लाख उन्तीस हजार छह सौ पैंतीस हो गई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंघान परिषद के अनुसार पिछले चौबीस घटों में आठ लाख पांच हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई अब तक देश में कोविड के बारह करोड अड़तालीस लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है

उन्होंने कहा कि मृत्युदर कम बनाये रखने के लिए हमें सभी प्रयास करने होंगे बह्जन समाज पार्टी की प्रमुख सुश्री मायावती ने भीम राजभर को प्रदेश का नया पार्टी अध्यक्ष बनाया है श्री राजभर पार्टी अध्यक्ष मुनकाद अली का स्थान लेंगे सुश्री मायावती ने आज यह जानकारी ट्वीट करके दी है संतकबीर नगर में कल देर रात एक कार और कंटेनर की आमने सामने की टक्कर में दो भाइयों सहित पांच युवकों की मौत हो गई मरने वाले देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र के रहने वाले थे पुलिस सूत्रों ने बताया कि मरने वालों में दो युवक विदेश से अपने घर आ रहे थे जबकि तीन अन्य युवक लखनऊ एयरपोर्ट से उनके साथ थे उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा शोक जताया है उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है